इनमें झंड्रता में लोक निर्माण विभाग के मंडल और उप अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का मंडल खुलने से क्षेत्र के लोगों की लंबित मांग पूरी हुई है जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस को लेकर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पिछले कुछ समय से बारिश के मौसम के चलते कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया

उन्होंने मुख्यमंत्री कोविड फंड और पीएम केयरज में उदारता से दान देने के लिए क्षेत्रवासियों का आभार जताया इस अवसर पर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में बेहतर है जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों को जाता है अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर को रेल लाईन से जोड़ने के लिए प्रयास जारी है विधायक जेआर कटवाल ने क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिला में हरनेरा से बाग सड़क के शिलान्यास अवसर पर ये बात कही सरवीण चौधरी ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न उठाऊ पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन पर साढ़े आठ लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है उन्होंने क्यारी में बनने वाले उपस्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया गोविंद ठाकुर कुल्लू ज़िला सूत्रधार कला संगम द्वारा कुल्लू में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर वैभवशाली है और इसके संरक्षण व संवर्धन में सुत्रधार कला संगम का अहम योगदान रहा है इस बीच शिक्षा मंत्री ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर में मोबाईल वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया ये कार्यक्रम जिले के विभिन्न शिक्षा संगठनों की और से जरूरतमंद विद्यार्थियों को मोबाईल फोन वितरित करने के लिए आयोजित किया गया था उन्होंने कहा कि इसका उदेश्य प्रत्येक बच्चे तक ऑनलाईन माध्यम से शिक्षा सुनिश्चित करवाना है ताकि कोरोना महामारी के चलते कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे गोविंद ठाकूर ने कहा कि इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में बंजार आनी और निरमंड क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को मोबाईल फोन वितरित किए जाएंगे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है

राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते देश में चार करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां खत्म हो गई है और केंद्र सरकार अभी भी अपने प्रचार में ही लगी है उन्होंने केंद्र की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों से आगे आने का आहवान किया है

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारें केंद्र के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकती इन आदेशों में आईआईटी और आईआईएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े शिक्षण संस्थानों को पीजी के छात्रों के लिए कल से खोलने की छूट दे दी गई है इसके साथ ही पीएचडी जैसे शोधकार्य से जुडे उच्च शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है इन शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय रिथिति को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी करेगा